आकाशवाणी से इस संबोधन का प्रसारण शाम सात बजे से किया जायेगा

राष्ट्रपति के संदेश के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किये जायेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन शाम सवा छह बजे से राजधानी एफ एम रेनबो और एफ एम गोल्ड चैनलों पर प्रसारित होगा

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्पष्ट नीति और सही दिशा के कारण उनकी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के कुछ ही समय में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने में सफल रही हैं एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से लेकर चंद्रयान मिशन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही से लेकर तीन तलाक तक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाने के फैसलों से यह स्पष्ट है कि सरकार मजबूत जनादेश के साथ कुछ भी हासिल कर सकती है

श्री शेखावत ने एक एप भी लांच किया है इसके जरिए लोग सर्वेक्षण में अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे

पूर्व संध्या आयोजन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राजभवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है कवि सम्मेलन में जानेमाने कवि कुमार विश्वास शायर वसीम बरेलवी अतुल कनक वेद प्रकाश अंकिता सिंह और रमेश कुमार रचना पाठ करेंगे

स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री कमल नाथ ध्वजारोहण करेंगे जबकि राज्यपाल लालजी टंडन राजभवन में ध्वजारोहण करेंगे विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति नरसिंहपुर और उपाध्यक्ष हीना कांवरे बालाघाट में ध्वजारोहण करेंगी

संस्कृति मंत्री डॉविजयलक्ष्मी साधौ ने इस प्रदर्शनी का उदघाटन किया असहयोग आन्दोलन सविनय अवज्ञा आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन से संबंधित ऐतिहासिक और दूर्लभ अभिलेख और छायाचित्र प्रदर्शित किये गये हैं

प्रदर्शनी में प्रवेश निशुल्क है

मानसुन मानसून मध्य प्रदेश पर फिर मेहरबान है बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर के चलते प्रदेश के कई स्थानों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है भोपाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल लगातार बारिश से एक बार फिर बड़ा तालाब लबालब हो गया जिसके बाद भदाभदा के दो गेट कल चार दिन में दूसरी बार खोले गये उधर सागर और रायसेन जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं